कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग दवारा प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन प्री सख्ती से कराया जाए और हर जिले में कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए उन्होंने राज्य की सीमाओं पर पूरी गम्भीरता से चेकिंग करने को कहा साथ ही प्रदेश में दसरे राज्यों से आने वाले लोगों को आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर प्रवेश करने की अन्मति न देने के निर्देश दिये उत्तराखण्ड वापस आने वाले प्रवासी लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी इसके लिए पिछली बार के पोर्टल को दोबारा एक्टिव किया जाएगा

केन्द्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला किया गया

तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता प्रत्येक माह पचास प्रतिशत टीकों की आपूर्ति केन्द सरकार को करेंगे और बाकी पचास प्रतिशत राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे कंपनी राज्य सरकारों और ख्ले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीन की कीमत की घोषणा पारदर्शी ढंग से पहले ही करेगी

प्रधानमंत्री बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देशभर के प्रम्ख डॉक्टरों से कल वर्च्अल माध्यम से बातचीत की उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि यह बहत महत्वपूर्ण है कि इस मृश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों इसके लिए समृचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसिलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये फार्मास्यूटिकल उदयोग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की उन्होंने फार्मा उदयोग से दवाइयों और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है उन्होंने इसके लिए लॉजिस्टिक और परिवहन जैसी स्विधाओं के लिए सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया हाईकोर्ट कोरोना निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के अस्पतालों में आइसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने प्रदेश के कोविड अस्पतालों में सिटी स्कैन की व्यवस्था करने को कहा है आज क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हए यह निर्देश दिये

प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी विभाग के पास पर्याप्त बेड और वेंटीलेटर हैं

इसको देखते हए बॉर्डरों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के पंजीकरण के साथ ही लोगों की कोविड जांच की जा रही है आरटी पीसीआर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश नहीं दिया जा रहा हैं उधर बागेश्वर जिले में बाहर से आने वाले लोगों का बिलौना और कौसानी में कोविड टेस्ट किया जा रहा है चम्पावत जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है राज्य के बाहर से आने वाले लोगों का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है इसके लिए ग्राम प्रधानों को पत्र जारी कर दिए गए हैं होटल अधिग्रहण के निर्देश भी जारी किये गए हैं एक हजार बेड प्रदेश के औदयोगिक विकास मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि देहरादून में एक हजार बेड का अस्पताल बनाने पर मंथन चल रहा है इस अस्पताल को निजी संस्थान के सहयोग से कोविड अस्पताल से बनाया जाएगा मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में आक्सीजन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई पहले मेडिकल संस्थानों को की जाएगी

घायलों में से दो ही हालत गंभीर बतायी जा रही है

शोक सभा म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय बची सिंह रावत की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हए देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में हए श्रद्धांजलि सभा में म्ख्यमंत्री ने कहा कि बचदा का जाना पूरे प्रदेश के लिए बहत बड़ी क्षति है इससे पहले स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत का सोमवार देर शाम चित्रशिलाघाट पर अंतिम संस्कार किया गया अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉरमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही अन्य मंत्री मौजूद रहे